आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई की परिभाषा बदली जाएगी और एमएसएमई के लिए निवेश सीमा को भी बढाया जाएगा तथा टर्न ओवर का मापदण्ड भी बदला जाएगा एक करोड रूपए तक की निवेश वाली इकाइयां अब एमएसएमई के दायरे में आएंगी

इस वित्तीय पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान नाम दिया गया है

उन्होंने कहा कि इस अभियान का उददेश्य स्थानीय ब्रांड वाले उत्पादों को विश्व स्तर पर सामने लाना है

सूक्ष्म और लघु उद्योग के अखिल भारतीय संगठन लघु उद्योग भारती ने पैकेज के लिए केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया है

कोटा संभाग के फोर्टी प्रभारी द्वारिका मंत्री ने कहा कि इस पैकेज से देश में नई ऊर्जा शक्ति का संचार होगा

प्रदेश में दसरी जगहों से भी लोग आने लगे हैं चिकित्सा मंत्री ने कहा कि सरकार अब क्वारंटीन सुविधा पर विशेष ध्यान दे रही है

इस दौरान एक दूसरे के बीच सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा गया है होम क्वारेन्टीन में रह रहे पाबूराम सुथार ने आकाशवाणी ने बातचीत में कहा कि वे सरकार के निर्देशों की पूरी तरह पालना कर रहे हैं

हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में नए आए मामलों में ज्यादातर लोग प्रवासी हैं और ये प्रवासी जिन गांवों में पहंचे हैं उन गांवों को सील कर लिया गया है तथा वहां पर प्रशासन की ओर से कड़ी नजर रखी जा रही है जालौर में ग्रामीण इलाकों से कोरोना रोगियों की पुष्टि के बाद इन क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी जोन घोषित किया जा रहा है बीकानेर में पिछले चार दिनों में ग्रामीण क्षेत्र से दूसरा कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है और युवक की हिस्ट्री पता की जा रही है युवक के सम्पर्क में आए काफी लोगों को क्वारेंटीन कर दिया गया है

फसल कटाई से लेकर मंडियों में उसकी बिकी तक की प्रकिया शुरू होने के बाद प्रशासन ने इसे आसान भी बनाया है इसका फायदा बारां के लहसुन उत्पादक किसानों को भी मिला है बारां जिले में बड़ी संख्या में किसान लहसुन की खेती करते हैं कोरोना वजह से हुए लॉकडाउन ने तैयार फसल की बिकी को लेकर किसानों की चिन्ता बढ़ा दी थी लेकिन अब काफी छूट मिलने से छबड़ा कृषि मंडी में लहसुन की बिकी शुरू हो गई है

मेज नदी पर पुलिया बनाने का काम शुरू हो गया है

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने टिवटर पर कहा कि यह फैसला देशभर में सीएपीएफ की सभी कैंटीन में आगामी एक जून से लागू होगा

गृहमंत्री ने सभी नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की